शू रुआत कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से उपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवायें सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें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 राज्य कोरोना राज्य में पिछले चौबीस घंटे में रिकॉर्ड एक हजार नौ सौ पच्चीस कोरोना संक्रमित मरीज मिलने से सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर दस हजार छह सौ चार हो चुकी है इस दौरान पांच सौ तिरपन मरीज स्वस्थ भी हुए हैं जबकि सत्रह की मौत हो गई बीते एक दिन में सबसे ज्यादा रांची से सात सौ चौवन पूर्वी सिंहभूम से दो सौ छप्पन धनबाद से चौरान्बे दुमका से सत्तर और कोडरमा से पैंसठ नए मामले सामने आए हैं कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमितों की तेजी से बढ़ रही संख्या से स्वस्थ होने की दर घटकर इक्कान्बे दशमलव दो पांच प्रतिशत हो चुकी है

इनमें एक लाख बाइस हजार नौ सौ छत्तीस लोग कोरोना को मात दे चूके हैं जबकि इस वैश्विक महामारी की वजह से एक हजार एक सौ पचहतर लोगों की मौत हो चुकी है मुख्य सचिव मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने राज्य में कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ रहे मामले को देखते हुए रांची धनबाद बोकारो जमशेदपुर और दुमका में बेडों की संख्या बढ़ाने का निर्देश संबंधित जिलों के उपायुक्तों को दिया है उन्होंने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सबसे ज्यादा प्रभावित इन जिलों में जांच और टीकाकरण कार्य में तेजी लाने का निर्देश भी दिया मुख्य सचिव ने अस्पतालों में ऑक्सीजन और वेंटीलेटर की अतिरिक्त व्यवस्था करने को भी कहा

कोरोना नोडल पदाधिकारी राज्य सरकार ने कोरोना संक्रणण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए सभी जिलों में नोडल पदाधिकारी नियुक्त किए हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरीय पदाधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाया गया है रांची के लिए विनय कमार चौबे धनबाद और देवघर के लिए अजय कमार सिंह कोडरमा और रामगढ़ के लिए वंदना डाडेल पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसांवा के लिए हिमानी पांडेय लातेहार और लोहरदगा के लिए आराधना पटनायक पश्चिमी सिंहभूमम औ खूंटी के लिए राहल शर्मा बोकारो और गिरिडीह के लिए सुनील कुमार हजारीबाग और चतरा के लिए पूजा सिंघल पाक्ड़ और साहेबगंज के लिए राजेश शर्मा पलामू और गढ़वा के लिए अबुबकर सिद्दीक गुमला और सिमडेगा के लिए प्रवीण कुमार टौप्पो दुमका जामताड़ा और गोड्डा के लिए प्रशांत कुमार नोडल पदाधिकारी बनाए गए हैं

जिला परिवहन पदाधिकारी दिनेश रंजन ने बताया कि सार्वजनिक स्थानों में फेस मास्क का उपयोग बेहद जरूरी है

उन्होंने आश्वासन दिया कि बढ़ते मामलों से निपटने के लिए सभी आवश्यक उपाए किए जा रहे हैं समिति झारखंड विधानसभा की आंतरिक संसाधन और केंद्रीय सहायता समिति के सदस्यों ने कल बोकारो जिले में चल रही विभिन्न योजनाओं के प्रगति की समीक्षा की समिति के सभापति रामचंद्र सिंह ने अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि विभिन्न योजनाओं के लिए केंद्र और राज्य से मिल रही राशि का बेहतर सद्रपयोग हो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके

इस सर्वेक्षण का मकसद वर्तमान परिस्थितियों में विद्यार्थियों को शिक्षा से जोड़े रखना है क्योंकि विद्यालय बंद रहने से कई बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों का फिर से नामांकन कराया जाएगा सर्वेक्षण के लिए हर जिले में दस शिक्षकों का चयन किया गया है इस सिलसिले में सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला शिक्षा अधीक्षकों को आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं स्पे ाल स्टोरी लोहरदगा लोहरदगा जिले में स्कूली बच्चों के पोशाक का निर्माण स्वंय सहायता समृहों द्वारा किया जा रहा है इसके लिए किस्को प्रखंड में सिलाई सेंटर खोला गया है

लिटिल गुरु संस्कृत अँध्यनन को सरल रोचक और मनोरंजक बनाएगा यह एप खेल और प्रतियोगिता आधारित आसान तरीके से संस्कृत सीखने के इच्छुक और संस्कृत सीख रहे लोगों को सहायता प्रदान करेगा पिछले पांच वर्षों के दौरान आईसीसीआर को संस्कृत में रुचि रखने वाले विदेशी नागरिकों के साथ साथ विदेशों में रह रहे भारतीय लोगों से बड़ी संख्या में अनुरोध प्राप्त हो रहे थे बौद्ध जैन और कई अन्य धार्मिक पुस्तकें संस्कृत भाषा में हैं और संस्कृत के अध्ययन के लिए ऐसे देशों की ओर से मांग रही है ये लिटिल गुरु एप संस्कृत को लोकप्रिय बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा हमला कोडरमा जिले के जयनगर थाना क्षेत्र के चुटियारी में चल रही अवैध शराब भट्टियों को नष्ट करने गई उत्पाद विभाग और पुलिस की टीम पर शराब कारोबारियों और उनके समर्थकों ने हमला कर दिया इस हमले में आधा दर्जन जवान घायल हो गए वहीं हमलावरों ने तीन सरकारी वाहनों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया इस दौरान पुलिस ने मौके पर से भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त किया है

जसप्रीत बुमराह और मार्को जैनसन ने मुम्बई इंडियन्स के लिए दो दो विकेट लिए

आरसीबी के हर्षल पटेल आईपीएल में पांच विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया आज मुम्बंई के वानखेड़े स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला डेल्ही कैपिटल्स से होगा

वहीं दूसरे राज्यों से आनेवालों की जांच कराई जा रही है रिपोर्ट निगेटिव आने पर उन्हें प्रवेश की इजाजत दी जा रही है

सुबह आठ बजे से रात्रि के आठ बजे तक इच्छुक व्यक्ति रक्तदान कर सकते हैं

विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर कामिनी कुमार और अन्य पदाधिकारियों ने इसके लिए उन्हें बधाई दी है

राज्य से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने झारखंड समेत पूरे देश में कोरोना संक्रमितों की रिकॉर्ड संख्या में मिलने की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है ट्रेनें न ही बंद होगी न ही कम होगी जरूरत तो पड़ी और भी चलेंगी शीर्षक से रेलवे की खबर को प्रभात खबर ने पहले पन्ने पर छापा है कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच प्रवासियों द्वारा वापस लौटने की गुहार खबर को हिन्दुस्तान ने पहले पन्ने पर लिया है दैनिक भास्कर ने अगले बहतर घंटे तक राज्य के कई हिस्सों में बारिश और वज्रपात होने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है भयावह हुआ कोरोना उन्नीस की मौत शीर्षक से खबर को दैनिक जागरण ने पहले पन्ने की लीड बनाई है द टाइम्स ऑफ इंडिया ने रांची सदर अस्पताल में कोरोना सैंपलों की जांच में विलंब होने पर हाईकोर्ट द्वारा नाराजगी जताए जाने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है